खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी नहीं है

धान खरीदी धरना प्रदर्शन राज्य में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने और बारदाने की कमी को लेकर कोंडागांव जिले के केशकाल बालोद और कवर्धा सहित कुछ अन्य स्थानों में किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया केशकाल के धान खरीदी केन्द्र में बीते दो दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है कल भी किसानों ने चक्काजाम किया था इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया था प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि बीती रात धरनास्थल से किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था वहीं आज बालोद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झलमला तिराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया इसके अलावा कवर्धा से भी खबर मिली है कि वहां कलेक्टोरेट के सामने किसानों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया है इस बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज कोंडागांव जिले के केशकाल के लिए रवाना हुआ इस पांच सदस्यीय दल में पूर्व मंत्री केदार कश्यप लता उसेंडी पूर्व विधायक सेवकराम नेताम किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर और किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा शामिल हैं यह दल बीती रात केशकाल स्थित धरनास्थल पर कथित रूप से पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले की अपने स्तर पर जांच करेगा वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने केशकाल में कथित रूप से किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है

अब तक प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से चौरानवे प्रतिशत धान की खरीदी की जा चुकी है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दो लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है खाद्य मंत्री ने आज बारदाना की समस्या वाले जिलों के कलेक्टरों से दूरभाष पर बातचीत करते हुए निर्देश दिए कि जिले के जिन उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हो चुकी है और बारदाना बच गए हैं ऐसे केन्द्रों से अतिरिक्त बारदाना को कमी वाले खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जाए

इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है घटनास्थल से बारह बोर की एक बंद्रक भी बरामद की गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है वहीं इसी जिले के किस्टारम इलाके में पालोड़ी के पास कल माओवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के दो जवानों में से एक जवान की मौत हो गई है इन जवानों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से एक जवान कन्हाई मांझी की इलाज के दौरान मौत हो गई इधर कोंडागांव जिले के केशकाल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बिछाया गया विस्फोटक बरामद किया है सात किलो वजनी यह विस्फोटक बटराली बावनीमारी के बीच सड़क पर लगाया गया था यह विस्फोटक सीआरपीएफ की एक बटालियन को निशाना बनाने के उद्देश्य से माओवादियों ने लगा रखा था बाद में बम निरोधक दस्ते ने इसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड आज देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह में आज ही दिन राजस्थान के हनुमानगढ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था इस योजना के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके तहत दो चरणों में बाईस करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए सरकार ने इस योजना पर अब तक सात सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी दूर करने के उपाय किये जा सकें बैंक सखी छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अगले एक वर्ष के दौरान तीन हजार बैंक सखियों के माध्यम से बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाएगी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आज इस संबंध में रायपुर में कार्यशाला आयोजित की गई इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेशनल मिशन मैनेजर त्रिविक्रम ने बताया कि भारत सरकार की मंशा हर ग्राम पंचायत में बैंक सखी नियुक्त करने की है इसके लिए उपयुक्त महिला का चयन कर उन्हें व्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत साझेदार राज्य गुजरात और छत्तीसगढ़ में अनेक सांस्कृतिक सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि शैक्षिक संस्थान इस अभियान का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वूर्ण योगदान कर रहे हैं

हाल ही में अहमदाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और वेशभूषा के अध्ययन जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया था अब अहमदाबाद पॉलीटेक्निक कॉलेज ने छत्तीसगढ़ फूड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया है

साथ ही साथ सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्र को स्वच्छ रखने की शपथ भी ली और बीस फरवरी को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चे वहां के शाहकारी व्यंजन बनाकर जो भी आएंगे उसको खिलाएंगे भी सही और उसमें से पैसा पैदा करने की कोशिश करेंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में तेईस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये मासिक कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी संदेश भेज सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर कॉल भी कर सकते हैं ये सुझाव शनिवार बाईस फरवरी तक भेजे जा सकते हैं थल सेना भर्ती रैली भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आगामी सोलह अप्रैल से कवर्धा में शुरू होगी आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिले के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे कवर्धा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि इस भर्ती रैली के लिए जिले के उम्मीदवारों को लिखित और शारीरिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कल बीस फरवरी को निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जा रहा है यह शिविर कवर्धा के वीर सावरकर भवन में चलेगा

यह मेला तेईस फरवरी तक चलेगा इसमें विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं मेले का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज ने किया इस दौरान स्थानीय लोक नर्तक दलों की प्रस्तुतियां भी होंगी दुर्घटना रायपुर बलौदाबाजार मार्ग पर आज हुई सड़क दुर्घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित तीन लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक बलौदाबाजार के एएसपी जनकराम ठाकुर और उनका गनमैन बालकृष्ण कुर्रे एक वाहन पर सवार होकर रायपुर से लौट रहे थे इस बीच विधानसभा थाना क्षेत्र में दोंदेकला के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनके वाहन को टक्कर मार दी हादसे में वाहन चालक भी घायल हो गया है घायलों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है जिला स्तरीय मैराथन कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आज जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इसमें पुरूष वर्ग का खिताब संतोष राजवाड़े ने और महिला वर्ग का खिताब संगीता राजवाड़े ने जीता इस दौड़ में पुरुष वर्ग के लिए बीस किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए दस किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई थी इस मैराथन का शुभारंभ विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने किया मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया

दुर्ग में सर्व मराठा समाज द्वारा शोभायात्रा निकाली गई बस्तर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में कल दुर्ग में होने वाली दुर्ग संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है